शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस कानून के जरिए निजी कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राज्य के प्रत्येक स्कूल में कम्प्यूटर लैब और कम्प्यूटर शिक्षक की उपलब्धता हो इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है

टिड्डी नियंत्रण के लिए कृषि विभाग प्रजोर प्रयास कर रहा है

ये बैठकें राज्य और जिला स्तर पर विशेषकर त्यौहारों के मौसम में दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी उपभोक्ता मामलों के सचिव की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी और सट्टाबाजारी पर निगरानी समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया कृषि विभाग के अनुसार खरीफ का प्याज आने के साथ ही मूल्यों में स्थिरता आ रही है और आने वाले दिनों में कीमतें कम होने का अनुमान है

कश्मीर संभाग के आयुक्त बशीर अहमद खान ने बताया कि पीसीओ लगाने के लिए स्थानों की पहचान और अन्य जरूरतों को पहले ही पूरा किया जा चुका है जल्द ही इस पर काम शुरू हो जायेगा उन्होंने बताया कि सरकार के इस कदम से आने वाले दिनों में घाटी में संचार की सुविधा बढेगी

रेलवे अधिकारी ने बताया कि प्रमोशन ऑन व्हील्स पहल के तहत विज्ञापन गॅतिविधियों कला संस्कृति फिल्मों टेलीविजन कार्यक्रमों और खेल के प्रचार के लिए विशेष ट्रेन उपलब्ध होगी

सैन्य क्षेत्र में आने के कारणों का वह सही जवाब नहीं दे रहा है सुरक्षा और खुफिया एजेन्सियां उससे पूछताछ कर रही है

कृष्ण शर्मा की इस उपलब्धि पर पुलिस महानिदेशक ने बधाई और शुभकामनाएं दी है